उन्होंने कहा सार्थक रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सर्वोच्च न्यायालय ने रफाल लड़ाकू विमान की सभी पुनर्विचार याचिकाओं को किया खारिज सरकार ने कहा न्यायालय का फैसला साबित करता है कि शर्मनाक थी इस मुद्दे पर संसद में बाधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं किया जायेगा बर्दाश्त

कल प्रदेश भर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इक्कीस हजार जोड़ो का विवाह सम्पन्न

ब्राजीलिया में श्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने ब्रिक्स व्यापार मंच को सम्बोधित किया तथा ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सफल और सार्थक रहा ब्रिक्स नेताओं ने के बीच व्यापार नवाचार प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्र में सम्बंध मजबूत करने पर उपयोगी विचार विमर्श हुआ भविष्य में सामने आने वाले विषयों पर ही ध्यान केन्द्रीत किया जिससे सहयोग और मजबूत होगा और सदस्य देशों को लाभ होगा कल ब्राजीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार हमारे विकास का आधार बन चुका है और इस दिशा में सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर का नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि आतंकवाद विकास शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले के लिए ब्रिक्स देशों के रणनीति पर आयोजित पहली संगोष्ठी की सराहना की और आशा व्यक्त की कि ऐसी गतिविधियों से ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ोगा सम्मेलन के समापन पर ब्राजीला घोषणा पत्र जारी किया गया शीर्ष न्यायालय ने छत्तीस रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज कर दिया न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी इन याचिकाओं में चौदह दिसम्बर दो हजार अट्ठारह के उस फैसले पर प्नर्विचार की मांग की गई थी जिसमें न्यायालय ने कहा था कि रफाल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी शामिल हैं याचिका में आरोप लगाया गया है कि रफाल सौदे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है इसलिए इसकी आपराधिक जांच की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है पार्टी ने कहा है कि ये मोदी सरकार की जीत है और सच्चाई की विजय हुई है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक केवल शबरीमला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य धर्मो में भी ऐसी प्रथा है न्यायालय ने इस संबंध में सभी पूनर्विचार याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को साँप दिया है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पीठ शबरीमाला और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना की प्रथा से जुड़े इस प्रकार के सभी धार्मिक मामलों पर निर्णय लेगी देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने यह फैसला किया है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रयास धर्म और आस्था पर दोबारा बहस करना है उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर दो हजार अट्ठारह में एक के मुकाबले चार न्यायाधीशों की राय से केरल में प्रसिद्व अयष्या मंदिर में दस से पचास साल आयु की महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था न्याायालय ने सदियों पुरानी इस कुरीति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य डॉक्टर तनजीन फातिमा के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुई एक सीट पर निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार पच्चीस नवम्बर को नामांकन की अधिसूचना जारी की जायेगी और दो दिसम्बर नामांकन की आखिरी तारीख है तीन दिसम्बर को पर्चो की जांच होगी और पांच दिसम्बर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं बारह दिसम्बर को यदि आवश्यक हुआ तो सुवह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा उसी दिन शाम पांच से मतो की गणना की जायेगी समाजवादी पार्टी के नेता आज़ख खान की पत्नी डॉक्टर तनजीन फातिमा ने रामपुर विधानसभा सीट निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और थ्रप्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा श्री योगी कल खीरी जनपद के गोला तहसील के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय परिसर का उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि गोला गोकर्ण नाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा साथ ही यहां स्थित दुधवा के हरे भरे वन क्षेत्रों के आस पास रहने वाले वनटांगियां गांव का भी विकास जायेगा उन्होंने कहा कि यह उद्घाटन क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों के उन्नति के लिए चलाई जा रही केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को बताते हुए लोगों से इनका लाम उठाने का आग्रह किया उधर पीलीभीत में मुख्यमंत्री ने चार सौ सहत्तर करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रिया को तेज किए जाने के लिए भी कहा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इक्कीस हजार सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत जनपद के नूरानपुर गांव में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक शादी समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने वैवाहिक बंधन में बंधे पांच सौ पच्चीस जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आज पूरे प्रदेश में इक्कीस हजार सामूहिक शादियां कराई जा रहीं हैं जो अपने आप मे एक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री ने पीलीमीत जनपद में चार सौ सतहत्तर करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में छः सौ पन्द्रह जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ मुख्य समारोह बड़हलगंज मिनी ग्रामीण स्टेडियम में आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री तथा जनपद प्रमारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जोड़ों को नवजीवन पर अपनी शुभकामनाए दी बस्ती में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक सौ तेरह विवाहित जोड़ो को आशीर्वाद देते हुए सांसद हरीश ट्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री शादी अनुदान के तहत प्रशासन यह विवाह कार्यक्रम आयोजित करता है और इसमें वर व्यू को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं देता है साथ ही विवाह करने वाली कन्या के खाते में पैंतीस हजार रूपये भी दिए जाते हैं जिस नवदम्पत्ति के पास गैस का कनेक्शन नहीं हैं उन्हें उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिया जायेगा उधर क्शीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कल तीन सौ इकतालीस जोड़े वैवाहिक बन्धन में बंघ गये इन युगलों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न कराया गया वहीं इक्यावन मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया महोबा में चार सौ इकत्तीस जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विकास राज्यमंत्री डॉ जी एस धर्मेश ने नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया सम्मेलन में पंद्रह मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुआ सरकार की ओर से सभी नव दम्पतियों को उपहार स्वरूप इक्यावन हजार रूपये की धनराशि भेंट की गयी प्रदेश के कौशाम्बी प्रतापगढ़ गोन्डा महराजगंज संभल सहित विभिन्न जनपदों में भी कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से फसलों के अवशेष और पराली नहीं जलाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि राज्य सरकार हर जिले में एक बायो प्यूल प्लांट लगायेगी जहां पर किसान पराली तथा कृषि के अन्य अपशिष्ट बेच सकेंगे वायो पयूल प्लांट लगाने पर सरकार इण्डियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के साथ योजना पर काम कर रही है